ये दिशा निर्देश एक से इकत्तीस दिसम्बर तक रहेंगे लागू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतिदिन एक लाख अठहत्तर हजार से अधिक कोविड टेस्ट की क्षमता अर्जित करने पर जताया संतोष कहा संक्रमण की चेन तोड़ने में टेस्टिंग की है महत्वपूर्ण भूमिका प्रदेश में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम एस्मा किया गया लागू छह महीने तक सरकारी विभागों और निगमों में हड़ताल निषिद्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का उपयोग करके विश्वभर में देश की छवि को उसी तरह सुदृढ कर सकता है जैसे योग के माध्यम से किया है प्रधानमंत्री ने यह बात कल शाम लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो काफ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कही भारत की सॉफ्ट पावर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छावि मजबूत करने में बहुत सहायक है हमने देखा है पूरी दुनिया में योग की ताकत क्या है कोई योग कहता होगा कोई योगा कहता होगा लेकिन पूरे विश्व को योग को अपना एक प्रकार से जीवन के हिस्सा बनाने के लिये प्रेरित कर दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय मात्र उच्च शिक्षा के केन्द्र नहीं हैं बल्कि वे चरित्र निर्माण और प्रेरणा देने वाले शक्ति केन्द्र भी हैं यूनिवर्सिटी सिर्फ उच्च शिक्षा का केन्द्र भर नहीं होती ये उचे लक्ष्यों उचे संकल्यों को साघने की शक्ति को हांसिल करने का भी एक बहुत बड़ा पावर हाउस होता है एक बहुत कड़ी उर्जा भूमि होती है प्रेरणा भूमि होती है यहां हमारे कैरेक्टर के निर्माण का हमारे भीतर की ताकत को जगाने की प्रेरणा फैली हुई है श्री मोदी ने कहा कि सौ वर्ष का समय सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है इसके साथ अपार उपलब्धियों का एक जीता जागता इतिहास जुड़ा है आज हम देख रहे हैं कि देश के नागरिक कितने संयम के साथ कोरोना की इस मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे हैं देश को आगे बढ़ा रहे हैं देश को प्रेरित करने वाले हैं

नागरिकों का निर्माण शिक्षा के ऐसे ही संस्थानों में ही होता है लखनउ यूनिवर्सिटी दशकों से अपने इस काम को बखूबी निभा रही है कोरोना के समय में भी यहां के छात्र छात्राओं ने टीचर से अनेक प्रकार के समाघान समाज को दिये हैं श्री मोदी ने कहा कि लंबे समय से हमने अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं किया है और शासन के मामले में भी यह बात लागू होती है रायबरेली स्थित रेल डिब्बा कारखाने का जिक्र करते हए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस कारखाने की क्षमता का सही इस्तेमाल करते हुए कुछ ही महीनों में इसमें रेल डिब्बे बनाना शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि अब बहत जल्द यह कारखाना रेल डिब्बों के निर्माण का वैश्विक केन्द्र बन जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इच्छाशक्ति से स्थितियों को किस तरह बदला जा सकता है इसकी मिसाल देश में यूरिया उत्पादन में देखी जा सकती है उन्होंने कहा कि यूरिया का उत्पादन पहले भी किया जा रहा था लेकिन नीम लेपित यूरिया के उत्पादन से किसानों को इसका पूरा फायदा मिलने लगा उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश में बंद पड़े कई कारखानों को टेक्नॉलोजी की मदद से फिर से शुरू करना चाहती है कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों को अपना ध्यान अन्संधान ब्रान्ड के रूप में अपनी छवि निखारने और अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय उत्पादों का मूल्य संर्धन करने पर केन्द्रित करना चाहिए प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों और शिक्षकों से नई शिक्षा नीति पर बहस करने का भी आह्वान किया उन्होंने सुझाव दिया कि विद्यार्थी अंतर्मन्थन के लिए समय निकालें और अपने बारे में चिंतन करें श्री मोदी ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शताब्दी स्मारक सिक्के का अनावरण किया और भारतीय डाक विभाग का विशेष स्मारक डाक टिकट तथा प्रथम दिवस आवरण जारी किया रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कार्यक्रम में हिस्सा लिया लखनऊ विश्वविद्यालय के क्लपति आलोक कुमार ने बताया कि शताब्दी वर्ष के दौरान कई पहल की गई हैं केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड की निगरानी रोकथाम और सावधानी के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो पहली दिसम्बर से प्रभावी होंगे और इकत्तीस दिसंबर तक लागू रहेंगे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारियों द्वारा कंटेन्मेंट जोन का सावधानीपूर्वक सीमांकन सुनिश्चित करना होगा संबंधित जिला अधिकारियों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कंटेन्मेंट जोन की सूची वेबसाइट पर अधिसूचित करनी होगी यह सूची स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा करनी होगी कंटेन्मेंट जोन के भीतर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्घारित रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी कंटेन्मेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी इस उद्देश्य के लिए गठित निगरानी दल आवासीय इलाकों में कड़ी निगरानी रखेंगे निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा स्थानीय जिला पुलिस और नगरपालिका के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित कंटेन्मेंट जोन में दिशानिदेशों का कड़ाई से पालन हो और राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश की सरकारें इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश स्थिति का आकलन करने के बाद कोविड महामारी के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रात के कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं लेकिन वे केन्द्र सरकार से परामर्श के बिना कन्टेमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे आम लोगों और सामान के एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक राज्य के भीतर आने जाने और लाने ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतिदिन एक लाख अठहत्तर हजार से अधिक कोविड टेस्टिंग क्षमता हासिल करने पर संतोष व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिये यह कार्य पूरी सक्रियता से किया जाना चाहिये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था पर एक उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को कोरोना के बारे में पूरी तरह सतर्क रहने और सावधानी बरतने के बारे में लगातार जागरूक करने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से किया जाना चाहिये राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है यह दिन देशभर में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है और देश में संविधान को अपनाये जाने का स्मरण कराता है छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ पन्चास को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अंगीकार किया था और जिसे छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को लागू किया गया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष दो हजार पन्द्रह में छब्बीस नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया था राज्य सरकार ने प्रदेश में छह महीने की अवधि के लिये आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू कर दिया है इस अधिनियम के लागू होने के बाद प्रदेश सरकार के तथा निगमों और स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों की हड़ताल निषिद्व मानी जायेगी